देश ने विंग कमाण्डर अभिनंदन वर्धमान का पाकिस्तान से वापसी पर किया स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जन के लिये अच्छी सेवायें उपलब्ध कराने के लिये है कटिबद्व केन्द्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल सिमी पर प्रतिबंध पांच वर्ष के लिए बढ़ाया मूड़ीज ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष दो हजार उन्नीस और दो हजार बीस में सात दशमलव तीन प्रतिशत की दर से वद्धि होने की आशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब आतंकी हमलों का सामना करने में असहाय नहीं है उन्होंने कल तमिलनाड् के कन्याकुमारी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुनारंभ करने के अवसर पर यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नया भारत है जो आतंकवादी हमलों से नुकसान पर आतंकवादियों को उससे भी ज्यादा नुकसान पहंचाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र में अब आतंकवाद का असर कम हो गया है उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकार मुंबई आतंकी हमले का जवाब देने के मामले में खामोश बनी रही प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की तुलना में अब सेना को आतंकवाद से निपटने में पूरी आजादी दी गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर के लोगों ने सेना का जो समर्थन किया वह असाधारण है उन्होंने कहा कि कृष्ठ राजनीतिक दलों ने ऐसे समय में भी सेना की कार्रवाई पर संदेह किया जब पूरी दुनिया ने भारत की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को तमिलनाडु के निवासी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पर गर्व है उन्होंने कहा कि राष्ट्र की पहली महिला रक्षामंत्री भी तमिलनाडु की ही हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना घोषणा के चौबीस दिनों के अंदर लागू हो जाए पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन क्वमान को उन्सठ घंटे बाद भारत को सौंप दिया यह वापसी रात नौ बजकर इक्कीस मिनट पर बाघा अटारी बार्डर पर हई बड़े ही उत्साह के साथ विंग कमांडर श्री बर्धमान का देशवासियों द्वारा अभिनन्दन किया गया सेना के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सीमा सुरक्षा बल द्वारा उन्हें अपने देश में प्रवेश करा कर कड़ी सुरक्षा के बीच सीघे अमृतसर एयरपोर्ट ले आया गया जहां से वह विशेष विमान द्वारा दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बहादुर विंग कमांडर के साहस की सराहना की श्री मोदी ने भारतीय वायू सेना द्वारा पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को मार गिराने का परोक्ष जिक्र करते हुए देश के सुरक्षा बलो के ताकत की प्रशंसा की

भारत ने यह स्पष्ट किया है कि आतंकवाद से जंग किसी धर्म के खिलाफ नहीं है आतंकवाद और उग्रवाद अलग अलग नाम है लेकिन इनका मुख्य मकसद धार्मिक आस्थाओं और विश्वास को विकृत कर विनाश की ओर ले जाना है विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि दुनिया का हर धर्म शांति सौहार्द और भाईचारे की सीख देता है उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की शुभकामनायें लेकर आई हैं इनमें अट्ठारह करोड़ पचास लाख मुसलमान भी शामिल हैं भारत को पहली बार ओआईसी की बैठक में अतिथि के रूप में बुलाया गया है पाकिस्तान के विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी ने स्वीकार किया है कि जैशे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में है और बीमार है इस आतंकी संगठन ने पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है भारत ने बुधवार को पाकिस्तान को डोजियर सौंप दिया था जिसमें पुलवामा आतंकी हमले और जैरो मोहम्मद के आतंकी ठिकानों तथा उसके सरगना के पाकिस्तान में होने की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई थी भारत ने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना अब भी अपनी जमीन पर आतंकवादी गतिविधियां और ठिकाने होने से इन्कार कर रही है जैशे मोहम्मद पिछले दो दशक से पाकिस्तान में सक्रिय है और इसका मुख्यालय बहावलपुर में है संयुक्त राष्ट्र ने इस आतंकी संगठन को अवैध घोषित कर रखा है इसी संगठन ने दिसम्बर दो हजार एक में भारतीय संसद पर और जनवरी दो हजार सोलह में पठानकोट एयरबेस पर भी हमला किया था भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इसके प्रशिक्षण शिविर होने के बारे में पाकिस्तान को सूचना दी थी हालांकि पाकिस्तान हमेशा इससे इंकार करता रहा है भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बारे में पता है और उनकी जानकारी के बिना आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो सकती भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कल नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने वाले हवाई हमलों के बाद जान गए हैं कि भारतीय पक्ष से जवाब आएगा श्री शाह ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पुलवामा के आतंकी हमले की आलोचना करनी चाहिए थी उन्होंने यह भी कहा कि अब पाकिस्तान को तय करना है कि संबंध किस दिशा में जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में देश की आबादी का पाचवां हिस्सा रहता है अगर इसकी स्वास्थ्य सेवायें बेहतर होगी तो उसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा मुख्यमंत्री कल लखनऊ के लोक भवन में मेडिसिन और टेलीरेडियोलॉजी सेवा का लोकार्पण किया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम जन के लिये अच्छी सेवायें उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्व है मुख्यमंत्री ने कहा कि टेलीमेडिसिन सेवा से दूर दराज तक बेहतर स्वास्थ्य सुविघायें मुहैया करायी जा सकती है उन्होंने कहा कि अब व्यक्ति को अस्पताल नही जाना पड़ेगा बल्कि अस्पताल ही गरीबों तक पहुंचेगा इस अक्सर पर उन्होंने लामार्थियों को गोल्डेन आरोग्य कार्ड का वितरण भी किया कार्यक्रम को सम्बोधित करते हये स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने बताया कि गोरखपुर हमीरपुर मिर्जपुर और बहराइच में क्ल पन्द्रह टेलीमेडिसिन केन्द्रों का श्भारम्भ हुआ है इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट की कमी को देखते हये प्रथम चरण में लखनऊ बाराबकी और सीतापुर जिले में पन्द्रह टेलीरेडियोलॉजी केन्द्रों का शुभारम्भ किया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्वक कराने के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली है उन्होंने कहा कि आयोग जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा मुख्य चुनाव आयुक्त कल लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे

शिकायत दर्ज कराने के सौ मिनट के अन्दर अधिकारियों को शिकायत का समाधान करना होगा केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़ा फैसला लिया और इस सिलसिले में पाक अधिकृत जम्मू कस्मीर में आतंकवादियों के शिविरों पर हवाई हमले किए गए श्री राजनाथ सिंह हैदराबाद में कल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एन आई ए के कार्यालय तथा आवासीय परिसर के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सारी द्निया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है आयुष मंत्री श्रीपद येशो नाइक ने कल प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की आधारशिला रखी

त्रैमासिक वैश्विक समीक्षा में कहा गया है कि अन्य प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों के मुकाबले भारत वैश्विक स्तर पर विनिर्माण के मामले में मंदी से कम प्रभावित हुआ है इसमें यह भी कहा गया है कि दो वर्षो के दौरान भारत की वृद्वि दर स्थिर गति से चलेगी रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या में पिछले पांच वर्षो में इक्यासी प्रतिशत तक की कमी आई है रेल मंत्रालय ने कहा है कि वह इस संख्या को शुन्य तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है